इससे पहले कल केन्द्र सरकार ने अटल भू जल योजना को मंजूरी दे दी है

इस योजना को पांच वर्ष के अंदर राजस्थान गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चिन्हित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अटल जल योजना पंचायतों के नेतृत्व में भूमि जल प्रबंधन को बढ़ावा देगी मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को देखते हुए रोहतांग दर्रा सुरंग का नाम अटल बिहारी वाजपेयी सुरंग करने का भी निर्णय लिया है इसकी घोषणा वाजपेयी जी की जयंती पर आज की जाएगी

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के बीच कोई संबंध नहीं है एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का कोई भी डाटा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में अफवाह फैलाने वाले वास्तव में गरीबों और अल्पसंख्यकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं श्री शाह ने कहा हमने एक एप बनाया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर नागरिक डाउनलोड कर पाएगा

कल नई दिल्ली में आकाशवाणी के वार्षिक पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि डिजिटल रेडियो की आवाज ज्यादा स्पष्ट होगी और रेडियो की पहुंच भी बढ़ेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चाइनीज मांझे के कारण हाल ही जयपुर में एक बालक की मृत्यु और अन्य घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है

गृह विभाग ने चाइनीज मांझे के उपयोग को रोकने के लिए स्कूल एवं कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं प्रदेश के जनजाति बाहल्य क्षेत्रों में बालश्रम और श्रम के लिए पड़ौसी राज्यों में बच्चों के परिवहन की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार ने संबंधित विभागों और उदयपुर ड्रंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ तथा सिरोही जिलों के कलक्टरों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में कल जयपुर में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक निर्देश दिए थे इसके लिए गृह विभाग ने परिपत्र जारी कर इस समस्या के समाधान के लिए उदयपुर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित संबंधित जिला कलक्टर और गुजरात के अधिकारियों की समिति की नियमित बैठक किए जाने के निर्देश दिए हैं

भरतपुर जिले की रुपवास तहसील के बरौली ब्राहमण गांव के सैनिक सौरभ शर्मा जम्मू कश्मीर के कूपवाडा में गश्त के दौरान आतंकवादियों द्वारा किये गये बम ब्लास्ट में शहीद हो गये शहीद सौरभ शर्मा की पार्थिव देह आज शाम तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है